स्लग प्रकाश जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता और भरोसा दूरदर्शन और आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता हैं आज दूरदर्शन केन्द्र में अत्याधुनिक वीडियो वॉल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग दूरदर्शन की ओर आकृष्ट होंगे उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सकारात्मक खबरें बिना किसी विलंब के लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इसमें दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक समाचारों के महत्व पर जोर दिया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

उन्होंने डीडी फ्री डिश दूरदर्शन केन्द्रों के डिजिटलीकरण और बंगला टी वी और कोरियन टी वी के साथ सहयोग की भी सराहना की स्लग सीएम पलायन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिये ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिये प्रयास किये जा रहे हैं इसके लिये ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि परम्परागत खेती के साथ ही जंगलों में होने वाले उत्पादों की भी प्रोसेसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है नये थीम बेस्ड रोजगार सुजन की योजनाओं पर विशेष फोकस करने के साथ ही होटल व्यवसाय और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है इसके लिये अलग विभाग भी बनाया जा रहा है

इसमें महिलाओं के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ ही उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो सकेगी स्लग बैठक रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन एक या इससे अधिक बेटियों वाले दंपतियों पर सख्त नजर रखने जा रहा है प्री कन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नॉस्टिक टेक्निक की बैठक में जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि आज के आधुनिक दौर में भी कई परिवार बेटे की चाह में विकृत मानसिकता के शिकार हैं इसके लिए वे कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से भी नहीं हिचकते हैं उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वालों को पांच हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि समय समय पर अल्ट्रासांउण्ड कोन्द्र का निरीक्षण किया जा रहा है स्लग सीएम ऑन पर्यटन प्रदेश सरकार टिहरी जिले के प्रतापनगर को साहसिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की संभावना तलाश रही है टिहरी बांध के कारण अलग थलग पड़े प्रतापनगर की सुंदर वादियों में रेस्ट हाउस कैंपिंग टेंट कॉलोनी बनाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है

उन्होंने बताया कि तत्कालीन टिहरी नरेश प्रताप शाह ने प्रतापनगर में जो राजमहल बनाया है उसे हैरिटेज के रूप में विकसित कर यहां पर्यटन हब बनाया जा सकता है श्री पंवार ने कहा कि उत्तरकाशी में भी अनेक क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य को समेटे हुए है यहां भी होटल व्यवसाय की काफी संभावनाएं नजर आती हैं स्लग बैठक टिहरी टिहरी के जिलाधिकारी वी षणमुगम ने खण्ड शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाये जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये हैं स्लग सेमिनार सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में प्रत्यक्ष बिक्री यानि डायरेक्ट सेलिंग के सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समिति का गठन किया जायेगा उन्होंने उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया है देहरादून में आयोजित डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से सम्बन्धित सेमिनार को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता और उत्पादकों को और अधिक नजदीक लाने के साथ ही व्यापार में बिचौलियों की भूमिका को कम करने पर चिंतन किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों द्वारा अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उपभोक्ताओं और किसान दोनों को फायदा होगा मुख्यमंत्री ने प्रोसेसिंग की दिशा में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत बतायी स्लग श्रीदेव समन पण्यतिथि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि संघर्ष और बलिदान की प्रतिमूर्ति श्रीदेव सुमन देश के महान सपूत थे स्वर्गीय श्रीदेव सुमन ने जिस प्रकार जनक्रांति का नेतृत्व किया वह सब के लिए प्रेरणास्रोत है कांग्रेस ने भी श्रीदेव सुमन को श्रद्वांजलि अर्पित की

अमर शहीद श्रीदेव सुमन के इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया टिहरी जिले में श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि श्रद्वापूर्वक मनायी गयी मुख्य कार्यक्रम नई टिहरी में हुआ जहां जिलाधिकारी वी षणमुगम ने स्वर्गीय सुमन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्दांजली अर्पित की जिलाधिकारी ने जिला कारागार परिसर में पौधरोपण करने के साथ ही जेल का निरीक्षण किया और बन्दियों का हालचाल जाना उधर उत्तरकाशी में स्कूली छात्र छात्राओं ने नगर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली जिलाधिकारी ने स्वर्गीय सुमन को श्रद्धांसुमन अर्पित किये इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये अल्मोड़ा में भी श्रीदेव सुमन की याद में कार्यक्रम आयोजित किये गए

राजधानी देहरादून में कल रात से रुक रुक बारिश हो रही है पौड़ी अल्मोड़ा उधमसिंह नगर जिलों में भी बारिश हुई बारिश के कारण जगह जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा वहीं पर्वतीय जिलों में अब भी कई ग्रामीण मोटरमार्ग अवरुद्द हैं जिससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है इन सड़कों को खोलने का कार्य जारी है

वर्तमान में मौसम की अनियमितता को देखते हुए चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर फसलों पर कीटों के प्रकोप की सम्भावना बढ़ गई है इससे धान टमाटर मिर्च चौलाई आदि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है जिले के मुख्य कृषि अधिकारी ने सभी किसानों से अपने खेतों में फसलों की निगरानी करते हुए कीटरोग का पता लगते ही समय पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करने को कहा है उन्होंने किसानों को फसलों को खरपतवार से मुक्त रखने और रसायन का छिड़काव करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है स्लग मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आगामी रविवार को दिन में ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं